कुंम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुम्म मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं एक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कृम्भ मेला अखाड़ों के शाही स्नान के साथ कल से शुरु होगा कल रात से मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है

कृम्भ मेले का आकाशवाणी और द्रदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का एफएम रेडियो स्टेशन कृम्भवाणी स्थापित किया है

आकाशवाणी ने पहली बार कृम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पेर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है दूरदर्शन कुम्म मेले के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से शुरु करेगा मकर संक्रांति प्रदेश में मकर संकान्ति का पर्व मनाया जा रहा है यह त्यौहार कल भी मनाया जायेगा इस मौके पर विभिन्न नदियों के घाटों पर लोग आस्था से डुबकी लगा रहे हैं और दान पुण्य कर रहे है मकर संक्राति का त्यौहार जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है तब मनाया जाता है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कल नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लगने वाले प्रसिद्ध बरमान मेला का उद्घाटन किया मुख्य सचिव एस आर मोहती ने कल उज्जैन मे क्षिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाये दी

र्मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं यहां पुलिस बल के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है उधर खंडवा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गणेश गौशाला में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है जिसमें गौ प्रजन औरं गौ ग्रास का कार्यक्रम हो रहा है यहां लोग तिलगुड़ और अन्य सामग्री का दान करते है वही मवेषियों के लिये भी चारे का दान किया जाता है

वहीं शिवपुरी में कल दिव्यांग छात्रावास के बच्चों के साथ लोगों ने मकरसंकाति का पर्व मनाया पन्ना जिले में भगवान जुगलकिशोर मंदिर में मकर संकान्ति के अवसर पर श्रद्वालुओं का तांता लगा है डिण्डौरी में नर्मदा नदी के घाटों पर भक्त स्नान कर रहे हैं वहीं सिवनी में बैनगंगा नदी पर श्रद्धाल् पूजा अर्चना कर रहे हैं रायसेन में भी मकर संक्रान्ति का त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है अन्य जिलों से भी मकर संकान्ति मनाने के समाचार आ रहे हैं दुर्घटना हिना विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे का काफिला कल रात हादसे का शिकार हो गया इसमें तीन पुलिस कर्मी और एक वाहनचालक की मौत हो गई जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है जानकारी के मुताबिक विधानसभा उपाध्यक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र लांजी से वापस लौट रही थीं तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उनके काफिले में टक्कर मार दी सुश्री कांवरे की सुरक्षा मे चल रहे पहले वाहन में सवार तीन पुलिसकर्मियो और एक वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई मृतकों में सब इंस्पेक्टर हर्षवर्द्वन सोलंकी हेड कांस्टेबल हामिद शेख कांस्टेबल राहल केलारी और वाहन चालक सचिन शामिल है बालाघाट के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह दुर्घटना सालेटीका गांव के पास हुई इस दुर्घटना पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है मौसम माडल भारतीय मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अन्य एजेंसियों के वैज्ञानिक गरज के साथ आंधी तूफान की भविष्यवाणी छह से बारह घंटे पहले करने का मॉडल तैयार कर रहे हैं आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मृत्यूंजय महापात्रा ने बताया कि राज्यों को पहले चेतावनी भेजने से उन्हें कारगर कदम उठाने का समय मिलेगा मौसम प्रदेश के मौसम में पिछले चौबीस घण्टों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है कल प्रदेश का सबसे कम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दतिया और नौगांव में दर्ज किया गया राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा अगले चौबीस घण्टों में छतरपुर भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है